और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को कोविड से जुड़े कैशलेस दावों को उचित दस्तावेज मिलने के साठ मिनट के भीतर मंजूरी देने का दिया निर्देश

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद मंत्रिपरिषद की यह पहली बैठक है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में देश में तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान सहित कई अन्य मुद्दो पर विचार विमर्श किया जायेगा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

श्री सोरेन ने कहा कि टीका की आपूर्ति होते ही राज्यवासियों को निषुल्क कोरोना का टीका लगाया जाएगा श्री सोरेन ने कहा कि टीकाकरण सुनिष्वित करना सरकार की प्राथमिकता है उधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि एक मई से राज्य में टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा राज्य में टीका उपलब्ध होते ही ही टीकाकरण शुरू करा दिया जाएगा

अब तक अठहत्तर लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है राज्य में अभी पचपन हजार से अधिक एक्टिव केस हैं राज्य में अब तक दो हजार पांच सौ चालीस लोगों की मौत कोरोना से हई है राज्य में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित रांची में छियासठ हजार एक सौ सतहत्तर हैं जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या इकत्तीस हजार नौ सौ छियानबे है धनबाद और बोकारो जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या ग्यारह हजार से अधिक है वहीं हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या दस हजार से ज्यादा और कोडरमा तथा रामगढ जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या आठ हजार से ज्यादा है

ये या तो अस्पताल में उपचार करा रहे हैं या घर में क्वारेंटीन हैं

को विन पोर्टल पर तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए दो दिन में ही दो करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है विश्व के सबसे बडे कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए पंजीकरण सुगमतापूर्वक चल रहा है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्दधन ने कहा कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बिना किसी तकनीकी बाधा के काम कर रहा है

मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अगले तीन दिनों के भीतर बीस लाख से भी ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएंगी

उपचार की दृष्टि से हल्के लक्षण या लक्षणरहित संक्रमित व्यक्ति को घर में ही पृथक रखने की अनुशंसा की गई है

ऐसे रोगियों को घर में अलग रखकर उपचार की अनुशंसा की जाएगी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

राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौषल ने कहा है कि लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की गंभीरता को समझना चाहिए इस दौरान लोग अपने घर में ही रहें और बेवजह बाहर न निकले दिन के तीन बजे के बाद बेवजह किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिये निर्देष में कहा है कि जरूरी कार्यों के लिए आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं लगायी गयी है राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान घर से बाहर निकलने के लिए किसी तरह का पास नहीं बनेगा

अदालत ने रांची में रेमडेसिविर ऑक्सीजन और अन्य महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं की हो रही कालाबाजारी पर वरीय पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट सौंपने को कहा है साथ ही यह निर्देष दिया है कि जरूरी दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए सीआइडी निगरानी करे पुलिस अधिकारियों को यह निर्देष दिया गया है कि वे समय समय पर सरकारी और निजी अस्पतालों का निरीक्षण करे ताकि दवाओं की कालाबाजारी न की जा सके अदालत ने सरकार से यह सुनिष्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी कीमत पर आमलोगों के समक्ष दवा का संकट न हो और लोगों को आसानी से जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध हो सके

बीमा प्राधिकरण ने इसकी घोषणा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद की है उच्च न्यायालय ने कहा था कि बीमा कंपनियों को कैशलेस दावों की प्रक्रिया तुरंत निपटाने के लिए सूचित करें ताकि अस्पतालों में नये रोगियों के लिए बिस्तर जल्दी खाली हो सके

श्री पुस्पवंत कई दिनों से कोरोना से संक्रमित थे आज सुबह नोएडा के एक अस्पताल में ईलाज के दौरान उन्होनें अंतिम सांस ली श्री पुस्पवंत आकाषवाणी रांची में कई वर्षो तक समाचार संपादक के पद पर पदस्थापित रहे श्री पुस्पवंत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आकाषवाणी और द्रदर्षन के अलावा कई विभागों में अपनी सेवाएं दी है वर्तमान समय में दिल्ली स्थित आरएनआई में अस्सिटेंट प्रेस रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापित थे श्री पुस्पवंत के आकसमिक निधन पर भारतीय सूचना सेवा और आकाषवाणी रांची के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है

आयोग में एक समर्पित टीम शिकायतों को जल्दी निबटाने के लिए दिन रात काम कर रही है